राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में मॉडल स्कूल खोला जायेगा स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध करवा दी गयी है शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करें इससे लॉकडाउन में शिक्षा की कमी पूरी हो जायेगी उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों का मानदेय एक सप्ताह के अंदर भूगतान किया जाएगा और कोरोना के कारण कोषागार बंद रहने के कारण विलंब हई सरकारी विद्यालयों की दशा बदलने में शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी चाहिए शिक्षकों को पनचानबे फीसदी गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की पहल की जा रही है अब शिक्षक सिर्फ शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करें

ये सभी मरीज बोकारो जिले से ठीक हुए हैं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार नौ सौ छह लोग स्वस्थ चुके हैं

वहीं राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या पंद्रह हो गयी है

झारखंड सरकार के सहयोग से यूनिसेफ ने स्कूलों को दूबारा खोले जाने पर आवष्यक कोरेंटीन और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर आज एक वेबिनार लॉच किया

वेबिनार के दौरान यूनिसेफ द्वारा तैयार किये गये मानक सुरक्षा उपायों के इ मॉड्यूल की जानकारी दी गई

अब स्कूलों के कोरेंटीन और आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय किये जा रहे हैं

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

देषभर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है

मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रति वर्ष पहली जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर दिवस पर डॉक्टरों को बधाई दी है

इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है श्री सोरेन ने अपने ट्वीट में केहा राष्ट्रमंडल का यह वैश्विक पुरस्कार जीतने पर रांची की कृतिका पांडे को हार्दिक शुभकामनाएं यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस बात का घोतक है कि झारखंड के युवा सभ क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं

कोरोना संक्रमण काल में सेल की विभिन्न इकाईयों में उत्पादन प्रभावित होने के कारण प्रबंधन ने कटौती की है बोकारो स्टील प्लांट के कामगारों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में पहली बार कटौती की गई है कम हुआ भत्ता एक जुलाई से लागू कर दिया जाएगा बोकारो स्टील प्लांट के कामगारों के लिए डीए में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की कटौती की गई है जबकि अधिकारियों के महंगाई भत्ते में शून्य दशमलव आठ प्रतिशत कम किया गया है कामगारों का महंगाई भत्ता अब पैंसठ दशमलव आठ प्रतिशत हो जाएगा वहीं अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक सौ उनसठ दशमलव नौ प्रतिशत रह जाएगा यह महंगाई भत्ता एक जुलाई से तीस सितंबर तक जारी रहेगा

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि बरसात में डायरिया के प्रकोप से लोगों को बचाने हेतु एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए

बीसीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा है कि व्यवसायिक खनन के शुरू होने से बीसीसीएल या फिर कोल इंडिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा नए कोल ब्लॉक में व्यवसायिक खनन चालू होने से भारत में कोयला के आयात में कमी आएगी जिससे कोयला के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा

एक खेती से जिले की पहचान बनेगी तो बाजार व्यवस्था समेत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकेगा कृषि संबंधी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हर जरूरतों को पूर्ण किया जाएगा कृषि मंत्री ने खूंटी के मुरहू में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक झारखण्ड में लगातार सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों के कृषि ऋण माफ करेंगे साथ ही खूंटी जिले में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की मंत्री ने घोषणा की

मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड के उत्तरी इलाके यानी देवघर दुमका पलामू गोड्डा साहिबगंज गढ़वा लातेहार कोडरमा चतरा के क्छ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है वहीं एक जुलाई से लेकर तीन जुलाई तक वज्रपात की भी आशंका है